सरकार सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से अपील की है कि वे संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें और जनहित के मुद्दों पर मिलकर विचार विमर्श करें उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का हमेशा सम्मान करती है और संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार करने के लिए तैयार है श्री मोदी आज संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के नेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने नव निर्वाचित सांसदों का स्वागत किया और उम्मीद जाहिर की कि उनके आने से संसद की कार्यप्रणाली में नया जोश आएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मतभेद भुलाकर राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करना चाहिए प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से इस बात पर आत्म मंथन करने को कहा कि क्या वे जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की आंकाक्षाएं पूरी कर रहे हैं उन्होंने सभी नेताओं का आव्हान किया कि वे वर्ष दो हजार बाईस तक नये भारत के निर्माण की दिशा में काम करें और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का लक्ष्य सही अर्थों में हासिल करें उन्होंने कहा कि सांसद संसद में व्यवधान डालकर लोगों का मन नहीं जीत सकते बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी कि संसद में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर उन्नीस जून को सभी पार्टियों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे उन्होंने कहा कि श्री मोदी बीस जून को सभी सांसदों से भी मिलेंगे संसद सत्र सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा राज्यसभा ब्रहस्पतिवार से बैठेगी संसद का यह सत्र अगले महीने की छब्बीस तारीख तक चलेगा इस सत्र में नव निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा इसी सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा केन्द्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कामकाज होगा वहीं सत्र के आरंभ की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिन्दी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट परिचर्चाओं का प्रसारण करेगा संसद के समक्ष मुद्दे रात साढे नौ बजे इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनल पर और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट रात नौ बजकर तीस मिनट पर ही राजधानी चैनल पर प्रसारित होगा प्रधानमंत्री नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यदल के गठन की घोषणा की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवी बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि इस कार्यदल का गठन शीघ्र कर दिया जाएगा और यह अगले दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उन्होंने यह भी बताया कि वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों सहित कार्यसूची में शामिल कई अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में माओवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति और समन्वित नीति बननी चाहिए श्री बघेल ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभावित राज्य सरकारों की उसमें समुचित भूमिका हो ताकि ऐसी हिंसा के खिलाफ प्रदेश एकजुट होकर समन्यित कार्यवाही करे श्री बघेल ने माओवादियों की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का भी फिर से अवलोकन करने की मांग की मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और रोजगार की आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त आर्थिक सहायता से ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं को गलत राह पर जाने से बचा सकेंगे बैठक में श्री बघेल ने आकांक्षी जिलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से सौ प्रतिशत वित्त पोषण और अनुदान की मांग की मुख्यमंत्री ने हर घर को कनेक्शन प्रदान करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने की भी मांग की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे और देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है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 प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माई जीओवी खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं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 लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं मिस इंडिया छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव मिस इंडिया दो हजार उन्नीस की फर्स्ट रनर अप चुनी गई हैं अब शिवानी जाधव मिस ग्रांड इंटरनेशनल दो हजार उन्नीस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मुंबई के सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान की सुमन राव ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया गौरतलब है कि शिवानी जाधव ने मिस छत्तीसगढ़ दो हजार उन्नीस का खिताब भी अपने नाम किया था शिवानी ने एमआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है चिकित्सा सुरक्षा पत्र स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है रायपुर बिलासपुर बस्तर राजनांदगांव रायगढ़ और सरगुजा के पुलिस अधीक्षकों को लिखे गए पत्र में महाविद्यालय में स्थापित पुलिस चौकियों में बल की संख्या की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने कहा गया है गौरतलब है कि कोलकाता में चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टरों से विवाद के बाद प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है

इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम में पद्मश्री प्रहलाद टीपान्या कबीर गायन प्रस्तुत करेंगे वहीं कबीर जयंती पर कल प्रदेश में मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस दिन पशुवध गृहों तथा मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संत कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं स्कूल गणवेश प्रदेश के शासकीय स्कूलों और पंजीकृत मदरसों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत् छात्रों को आगामी बीस जुलाई तक निःशुल्क गणवेश वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं संचालक लोक शिक्षण एस प्रकाश ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि चालू शिक्षा सत्र में करीब इकतीस लाख छात्रों को दो सेट निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जाना है विश्व कप आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया भारत के प्रारंभिक बल्लेबाज रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने तेजी से रन बटोरे रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया और वे एक सौ चालीस रन बनाकर आउट हुए

मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद कई स्थानों पर ब्रंदाबांदी हुई जिससे तापमान में कमी आई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रात में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं संक्षिप्त समाचार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी अट्ठारह जुन को रायपुर के पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा नियमितीकरण सहित विविध मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ आज राजधानी रायपुर में रैली निकाली